श्री सिन्हा आज गोण्डा रेलवे जंक्शन पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री ने गोण्डा बहराइच नव आमान परिवर्तित रेलखंड का उद्घाटन और इस रेलखंड पर बड़ी लाइन की तीन गाड़ियों के संचलन का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षो में भारतीय रेल ने प्रगति के नये मापदंड स्थापित किये हैं इसी क्रम में काबीना ने दो सौ चालीस किलोमीटर लम्बी बहराइच भिनगा श्रावस्ती बलरामपुर उतरौला डुमरियागंज मेंहदावल खलीलाबाद नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी भी दी है इस परियोजना पर चार हज़ार नौ सौ चालीस करोड़ रूपये की लागत आयेगी श्री सिन्हा ने उत्तर प्रदेश में रेल विकास का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में पिछले चार वर्षो के दौरान चार सौ नौ किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण दो सौ तिरान्नवे किलोमीटर आमान परिवर्तन दो हजार एक सौ छप्पन किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने के साथ साथ उन्तीस उपरिगामी पुलों का निर्माण किया गया है

प्रदेश के राहत आयुक्त संजय क्मार ने आकाशवाणी संवाददाता से विशेष बातचीत में बताया कि क्म मेला क्षेत्र की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के उददेश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

इसके अलावा हम लोगों ने एक आपदा प्रदंधन के लिए एक और कार्यशाला हम करने वाले हैं

सबके लिए बहुत सजग हैं यम द्वितीया यानी भइया दूज का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्वा और भक्तिमय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आज ही भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा अर्चना की गयी यम द्वितीया पर्व पर आज मथुरा में लोगों की भारी भीड़ लगी मथुरा के विश्राम घाट पर भारी संख्या में जूटे भाई बहन ने एक साथ पवित्र यमुना नदी में स्नान किया तथा घाट पर ही स्थित यमुना जी और यमराज मंदिर में पूजा अर्चना कर के मोक्ष प्राप्ति की कामना की स्नान का सिलसिला वहां अभी भी जारी है अयोध्या से लगे सरयू नदी के जमथरा घाट पर ही आज यम द्वितीया का पारम्परिक मेला लगा हुआ है वहां ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालु सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं जौनपुर जिले के जमैथा गांव में स्थित माता अखण्डो देवी के मंदिर पर गोमती नदी के किनारे आज यम द्वितीया पर मेला लगा है लोग वहां गोमती में स्नान करने के बाद माता अखण्डो देवी का दर्शन पूजन कर रहे है राज्य के पूर्वी जिलों में यम द्वितीया यानी भइया दूज पर्व को गोधना पर्व के रूप में मनाया जाता है आज पूर्वी जिलों में महिलाओं ने गोबर से यमराज की आकृति बनाकर उसकी पूजा अर्चना की तथा अपने अपने भाईयों के लिए दीघार्य की कामना की भइया दूज के मौके पर विभिन्न स्थानों पर बहनों ने भाइयों को तिलक कर के उन्हें मिठाईयां खिलाई तथा भाईयों ने उन्हें उपहार दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेशवासियों को भइया दूज पर्व की श्मकामनाएं दी हैं प्रदेश में चार अलग अलग सड़क हादसों में पन्द्रह लोगों की मौत हो गई और बावन अन्य घायल हो गये हैं बदायूं ज़िले के गुन्नौर इलाके में आज सुबह परिवहन निगम की एक बस और एक कार की आमने सामने की टक्कर में छह लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उन्नीस लोग घायल हो गये ललितपुर शहर कोतवाली इलाके में श्रद्वाल्ओं से भरे एक वाहन के पलट जाने से उसमें सवार पांच लोगों की मौत हो गई और बत्तीस अन्य घायल हो गये जिसमें दस की हालत गंभीर बताई जा रही है उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है

उघर मुज़फ़रनगर जिले के फुगाना इलाके में ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया